मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देशव्यापी लॉकडाउन की बात की प्रतिपक्ष के नेता ने संक्रमण की चेन तोड़ने के लिये सरकार से सभी जरूरी कदम उठाने को कहा

सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और सभी पात्र लोग बेहिचक टीका लगवाएं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

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केवल शून्य दशमलव तीन नौ प्रतिशत मरीज वेटिलेटर पर और तीन दशमलव सात शून्य प्रतिशत मरीज ऑक्सीजन सुविधायुक्त बिस्तरों पर हैं

चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने बताया कि इसके अलावा आरएमएससीएल की ओर से ये इंजेक्शन खरीदे गये हैं

बांसवाड़ा जिले के चंदू जी का गढ़ा गांव में जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने कोर कमेटी सदस्यों की बैठक लेकर लॉकडाउन के संबंध में उचित दिशा निर्देश दिए

वहीं बीकानेर में जिला कलेक्टर और पलिस अधीक्षक ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जिले के सभी संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर सोमवार से लागू लोने वाले लॉकडॉन के दिशा निर्देशों में शत प्रतिशत अनुपालना के निर्देश दिये

सभी का यह कर्तव्य बनता है कि अपना नागरिक धर्म निभाएं और इस लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें जिससे राजस्थान को कोविड संक्रमण से बचाया जा सके दूसरी ओर प्रतिपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया ने एक बयान जारी कर कहा कि शहरों के साथ अब गांवों में भी कोरोना संकमण तेजी से फैल रहा है जो चिंता का विषय है गांवों में जांच और उपचार की सुविधा भी नहीं है इसे देखते हुये सरकार को तुरन्त संकमण की चेन को तोड़ने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने चाहिए

मौसम विभाग ने आज जयपुर अलवर दौसा कोटा बारां तथा श्रीगंगानगर जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई है विभाग ने कहा है कि एक ओर पश्चिमी विक्षोभ के सकीय होने से सामवार से तेज हवाएं चलने और ज्यादातर जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है

तहसीलदार ने नाबालिग दूल्हे के परिजनों को पाबंद किया वहीं वध के परिवार को भी पाबंद किया गया